राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिन के सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातियों का विकास और सशक्तिकरण समग्र विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हैं राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल विकास में पिछड़े जनजातीय लोगों के जीवन में सुधार के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके उचित दिशा निर्देश दे सकते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपालों को सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव है और देश को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए जल संसाधनों के संरक्षण और इसके उचित इस्तेमाल को देश की प्राथमिकता बताते हुए राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान को स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आंदोलन बनाने को कहा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे श्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपालकेंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं

उन्होंने कहा कि अगमूट कैडर से प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ती से अरुणाचल प्रदेश के परिदृश्य में लंबे समय तक यहा पर नही रहने से विकास कार्यों पर असर पढ़ता है राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल सर्विस कैडर को जल्द बनाने का आग्रह किया राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों के सतत आर्थिक विकास आजीविकासामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को प्रभावी बनाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लोग कुशल श्रमिकों के अनुपात में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव चाहते राज्यपाल ने इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी के लिए शिक्षण संस्थानों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया रज्यपाल ने जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कक्षाओं में सी सी टी वी कैमरा और विश्वविद्यालय के प्रत्येक सदस्य के बायोमेट्रिक अटेंडेस पर बल दिया

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनसठवीं संस्करण होगी

मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्ररदर्शन के यूट्यूब चैनलों से भी सजीव प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जायेगा

विधायक निनोंग इरिंग ने कहा कि रुक्सिन क्षेत्र में फ्लड कंट्रोल और सड़क विकास परियोजनाओं को जल्द शुरु किया जाएगा ईस्ट सियांग जिले के रुक्सिन क्षेत्र मे दोन्यी पोलो विद्या निकेतन के वार्षिक उत्सव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र प्रदेश के विकास के प्रति गंभीर है श्री निनोंग इरिंग ने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी